राजधानी शिमला सहित राज्य के निचले व मैदानी इलाकों में तेज हवाओं के साथ वर्षा हुई है कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का समाचार मी है वहीं जनजातीय जिलों लाहौल स्पीति और किन्नौर सहित चंबा कुल्लू और कांगड़ा के अधिक उंचाई वाले इलाकों में बीती रात से रूक रूक कर हिमपात हो रहा है हमारे लाहौल स्पीति संवाददाता के मुताबिक लाहौल घाटी में दो से तीन इंच तक बर्फ गिर चुकी है वहीं बर्फबारी से रोहतांग दर्रा वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है मौसम के इस बदले तेवर से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों को एक बार फिर ठंड का सामना करना पड़ रहा है

इस संबंध में राज्य सरकार ने अधिसुचना जारी कर दी है

सचिव तरुण श्रीघर केन्द्रीय पशु पालन डेयरी और मत्स्य पालन विमाग के सचिव ने पशु चिकित्सा महासंघ की वेबसाइट का कल नई दिल्ली में शुभारंभ किया यह वेबसाइट खासतौर से पशुचिकित्सकों के लिए बनाई गयी है सचिव तरुण श्रीघर ने पशुचिकित्सकों से इस वेबसाइट की जानकारी साझा करने और डाटाबेस तैयार करने के एक प्रभावी मंच के तौर पर विकसित करने का अनुरोध किया वे महासंघ द्वारा किसानों की आमदनी दोगुना करने में पशु चिकित्सकों की भूमिका विषय पर आयोजित एक संगोष्ठि में बोल रहे थे तरूण श्रीघर ने पशुओं में रक्तस्राव का खतरा पैदा करने वाले सेप्टिक संक्रमण और मुंह व खुर की बीमारी से बचाव के लिए संयुक्त रूप से एक टीका विकसित करने के लिए समी पक्षों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक समिति के गठन पर सहमति जताई एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने नूरपुर बस हादसे से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं फिर न मिलें नूरपुर जैसे जख्म हादसे रोकने को बनेगी विशेष समिति दैनिक भास्कर का शीर्षक है सीएम के इंतजार में तीन घंटे नहीं दिए बच्चों के शव जो रात को सौंपे थे वे भी वापस मंगाए

हिमाचल दस्तक ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखा है निजी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को बनेगी हाई लेवल कमेटी वहीं आपका फैसला लिखता है राज्य सरकार शीघ्र रोकेगी हादसे समिति का किया जाएगा गठन अजीत समाचार के मुताबिक घायल बच्चों का कुशलक्षेम जानने जयराम नूरपुर व पठानकोट पहुंचे पंजाब केसरी ने खबर दी है नूरपुर बस हादसे के बाद हिमाचल दिवस समारोह इंदौरा से शिमला स्थानांतरित वहीं दैनिक जागरण के अनुसार नूरपुर हादसे पर हाईकोर्ट का स्कूल को नोटिस दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है सस्ती बिजली मुहैया करवा निवेश बढ़ाएगी सरकार सिंगल विंडो प्राधिकरण की बैठक में मिलेगी निवेश को मंजूरी सीबीएसई पेपल लीक मामले पर अमर उजाला ने लिखा है प्रिंसिपल बैंक कर्मचारियों से हुई पूछताछ परीक्षा केंद्र की भी जांच जबकि हिमाचल दस्तक के शब्द हैं दो स्कूलों और बैंक से पूछताछ

रोहतांग टनल शुरू करने को कवायद तेज शीर्षक से आपका फैसला लिखता है इंडो पाक इंडो तिब्बत सीमाओं की सुरक्षा का रहेगा विकल्प लॉकअप हत्याकांड पर दैनिक न्याय सेतु की सुर्खी है सीबीआई को झटका आरोपी पुलिस वालों को मिलेगी कॉल डिटेल आईजीएमसी अस्पताल में स्वाइन फ्लू से महिला की मौत से जुडी खबर भी अधिकतर समाचार पत्रों में प्रमुखता लिए हुए है अमर उजाला लिखता है प्रदेश में स्वाइन फ्लू से सीजन की पहली मौत